न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि विवाहेतर संबंध सामाजिक दृष्टि से गलत और तलाक का आधार हो सकते हैं लेकिन यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आते

न्यायालय ने कहा कि इस धारा से महिलाओं के समानता के अधिकार और समान अवसर देने के अधिकार का उल्लंघन होता है पांचों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया इस फैसले के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी

एक बयान में आयोग ने कहा है कि वह भविष्य में होने वाले आम चुनावों तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपचुनावों में सभी मतदान केन्द्रों पर शत प्रतिशत वीवीपैट मशीनें लगाने के लिए प्रतिबद्ध है

रिजर्व बैंक ने पहली अक्तूबर से यह व्यवस्था लागू करने की भी घोषणा की

आज जयपुर में पुलिस मुख्यालय में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में भी निरंतर कमी आ रही है

मुख्यमंत्री आज नागौर जिले के मेडता सिटी में गौरव यात्रा के तहत आमसभा को संबोधित कर रही थी मुख्यमंत्री ने मेड़तासिटी में मीराबाई के मंदिर में दर्शन कर गौरव यात्रा की शुरूआत की उन्होंने डेगाना के पूंदलोटा गांव में किसान नेता पूर्व सांसद राम रघुनाथ चौधरी की मूर्ति का अनावरण किया मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए हैं उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं है

इसके साथ ही बालोतरा कस्बे में नहरी मीठे पानी की आपूर्ति शुरू हो गई इस परियोजजना के अंतिम छोर पर स्थित सिणधरी और सिवाना तक भी जल्दी ही पानी पहुंचाया जाएगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों की बदौलत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में नहरी मीठा पानी आमजन कोउपलब्ध हो पाया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल खासतौर से इसमें हिस्सा लेने राजस्थान आएंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोगों से अपील की है कि वे शहीदों की याद में अपने घर के बाहर एक दिया जलाएं

इस मौके पर आज प्रदेश के सभी राजकीय संग्रहालयों और संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों को मुफ्त प्रवेश की सुविधा दी गई है पर्यटन दिवस पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए

सवाईमाधोपुर में पर्यटन विभाग की ओर से संगोष्ठी रखी गई

ये पुरस्कार यात्रा पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिए गए आंध्रप्रदेश को राज्यों की श्रेणी में पर्यटन के व्यापक विकास का पहला पुरस्कार दिया गया

पाली जिले के किसानों ने भी अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाकर अपनी उपज में बढोतरी की है जिससे उनकी आय बढ़ी है